उन्होंने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मॉस्क और दो गज की दृरी या सुरक्षित दृरी है इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है दो गज की दृष्टी ये दवाई है मृंह ढ़कना फेसकवर या गमछे का इस्तेमाल करना जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है टीका नहीं बनता है हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे

आत्मनिर्मर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सुजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा प्रषानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अमियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्मर उत्तर प्रदेश रोजगार अमियान को प्रेरणा दी है यानी केन्द्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गृणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से किस्तार दे दिया है यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोझी हैं लामार्थियों की संख्या बढ़ायी है बल्कि इसे आत्मनिर्मर भारत के लस्य के साथ भी पूरी तरह जोझ दिया है क्लब कर दिया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रदेश सरकार विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्व स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हए और राज्य के लोगों के लिए काम करते रहे एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की कोशियों का खासतौर पर जिक्र किया और उन्हें ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक ताख से ज्यादा कोविड बिस्तरों का इंतजाम किया साठ हजार से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें बनाई और जरूरतमंदों के लिए रासन और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्मर भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं

यह अभियान प्रदेश के अ जिलों में एक साथ शुरू हुआ है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने में जिस प्रकार सफलता हासिल की है वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि यह सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती जब हम इसकी तुलना यूरोप के उन चार बड़े देशों से करते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है इन देशों में कोरोना से एक लाख से अधिक लोगों की मौत हई है जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल छह सौ है श्री मोदी ने कहा कि यदि हम यूरोप के इन चार देशों के मौत के आंकडों से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्सी हजार से अधिक लोगों की जान बचाई है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से क्रेषि क्षेत्र में लगभग पैंतीस लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से सबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज ऑन ए आई आर डाट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अट्ठावन दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार नौ सौ चालीस रोगी स्वस्थ हए इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अटठावन हजार छह सौ सैंतीस हो चुकी है एक लाख नवासी हजार चार सौ तिरसठ मरीजों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कृल सत्रह हजार दो सौ छियान्नवे लोगों में संक्रमण की पृष्टि के बाद मरीजों की कृल संख्या चार लाख नबे हजार चार सौ एक हो गई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रंखला में हम कोविड नाइन्टीन पर वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में न्यूरो साइस सेंटर की प्रमुख डॉ एम वी पदमा ने बताया कि कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को घर में स्रक्षित रहने की आवश्यकता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसे रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्टडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छ सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता शृन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं